वर्ष दो हजार इक्कीस बाईस के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के बजट के बारे में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सोलह जनवरी से स्वास्थ्यकर्मियों को कोविड टीका लगाने का अभियान शुरू किया था और दो फरवरी से कोरोना नियंत्रण के लिए अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के दूसरे वर्ग को टीका लगाने का कार्य शुरू किया गया उन्होंने बताया कि जिन लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है उन्हें इस महीने की तेरह तारीख से दूसरी खुराक दी जा रही है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस समय अट्ठारह टीकों का विकास विभिन्न चरणों में है और इन्हें शीघ्र ही इस्तेमाल में लाना शुरू किया जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बात से इंकार किया कि देश में कोविड टीकाकरण के कारण कोई मृत्यु हुई है कोरोना टीकाकरण देश में अब तक बयासी लाख पचयासी हजार से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों में इक्कीस हजार से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए इधर छत्तीसगढ़ में टीकाकरण का दूसरा डोज लगना शुरू हो गया है अब तक दो लाख दस हजार से अधिक लोगों को पहले डोज का टीका लगाया जा चुका है मुंगेली जिले में करीब सत्तर प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मियों को पहले डोज का टीका लग चुका है जिले में दूसरे डोज का टीका आगामी शनिवार से लगना शुरू होगा उधर जांजगीर चांपा जिले में आज कलेक्टर यशवंत कुमार ने समीक्षा बैठक ली इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू हो गया है कलेक्टर ने अधिकारियों को कोरोना टीकाकरण का लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिए इस बीच प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के एक सौ उनहत्तर नये मामले सामने आए इनमें सबसे अधिक रायपुर जिले में अड़तालीस और दुर्ग में इकतालीस नये मरीज मिले हैं प्रदेश में अब तक तीन लाख नौ अधिक लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं इनमें से तीन लाख दो हजार से हजार से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं वर्तमान में तीन हजार दो सौ अंठावन मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है वहीं दुर्ग जिले का होम आइसोलेशन मॉडल कारगर साबित हो रहा है स्वास्थ्य विभाग द्वारा कराए गए सर्वे में द्र्ग जिले को प्रदेश में पहला स्थान मिला है स्कूल कॉलेज प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण पिछले ग्यारह महीने से बंद स्कूल और कॉलेज आज से खुल गए हैं इस संबंध में उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कोरोना से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन कराया जा रहा है प्रदेश के सभी स्कूलों में कक्षा नवमीं से बारहवीं तक की कक्षाओं को दो चरणों में खोला गया है वहीं महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश द्वार पर आज पहले दिन विद्यार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई साथ ही कक्षाओं को सैनिटाईज भी किया गया कॉलेजों में छात्र छात्राओं के अलावा शिक्षकों और अन्य स्टाफ के लिए मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पहले ही दसवीं और बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है इसके अनुसार कक्षा दसवीं की पंद्रह अप्रैल से और कक्षा बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं तीन मई से शुरू होंगी टोल प्लाजा फास्टैग राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा के सभी लेन आज आधी रात से फास्टैग लेन घोषित हो जायेंगे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि शुल्क का भुगतान डिजिटल मोड में करने को बढ़ावा देने प्रतीक्षा समय और ईंधन खर्च कम करने तथा टोल प्लाजा के जरिये निर्बाध यात्रा उपलब्ध कराने के लिए यह कदम उठाया गया है टोल प्लाजा के फास्टैग लेन में बिना या वैध फास्टैग न होने पर प्रवेश करने पर उस श्रेणी के लिए लाग शुल्क का दोगुना जुर्माना देना पडेगा मंत्रालय ने इस वर्ष पहली जनवरी से एम और एन श्रेणी के मोटर वाहनों में फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया था श्रेणी एम के अंर्तर्गत कम से कम चार पहिया वाले वे वाहन आते हैं जिनका इस्तेमाल यात्रियों को लाने ले जाने के लिए किया जाता है एन श्रेणी के अंतर्गत सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कम से कम चार पहिया मोटर वाहन शामिल है ऐसे वाहन सामान के अलावा यात्रियों को भी ले जा सकते हैं नई शिक्षा नीति केन्द्र सरकार बच्चों में सकारात्मक विचार और अच्छे व्यवहार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खिलौनों और खेलों के उपयोग पर जोर दे रही है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन महत्वपूर्ण पहलुओं पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है प्रोफेसर पवन सुधीर ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि खिलौने और खेल बच्चों में सीखने की क्षमता को बढ़ाने और समस्या को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता को बनाये रखने में खेल के तरीके और कला आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता है बिलासपुर चकरभाटा उडान बिलासपुर के चकरभाटा हवाई अड्डे पर कल पहली परीक्षण उड़ान पहुंचेगी यह जानकारी आज बिलासपुर उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दी उन्होंने बताया कि एलाइंस एयर की दस सदस्यों की टीम भी कल बिलासा चकरभाटा एयरपोर्ट के निरीक्षण के लिए आएगी

एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से इसके लिए प्रेरक घटनाक्रमों को साझा करने का आग्रह किया जनवरी मे मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कला संस्कृति पर्यटन और कृषि नवाचार से लेकर विविध विषयों पर प्रकाश डाला था लोग नमो ऐप या माय जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं मैनपाट महोत्सव समापन सरगुजा जिले में मैनपाट के रोपाखार में आयोजित तीन दिवसीय मैनपाट महोत्सव का कल समापन हो गया इस मौके पर पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मैनपाट में चिन्हांकित चौदह नये पर्यटन प्वॉइंट में पहंच मार्ग के साथ ही अन्य विकास कार्यो के प्रस्ताव को मंजूरी देने की घोषणा की उन्होंने कहा कि मैनपाट सरगुजिहा भोजपुरी और तिब्बती संस्कृतियों का त्रिवेणी संगम है यहां लोक कला और संस्कृति का गौरवशाली इतिहास भी है यहीं कारण है कि विश्व पर्यटन के नक्शे पर मैनपाट पर्यटकों की पहली पसंद है संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि मैनपाट महोत्सव का उद्देश्य यहां के लोगों की जीवन संस्कृति और लोक कला को आगे बढ़ाने के साथ ही उन्हें रोजगार भी उपलब्ध कराना है श्री भगत ने कहा कि मैनपाट को पर्यटन विकास के लिए बुद्विष्ट सर्किट में जोड़ने के लिए प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है नवा रायपुर स्कूल राज्य सरकार ने विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नवा रायपुर में राष्ट्रीय स्तर का स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है इसके लिए दस एकड़ जमीन निःशुल्क दी जाएगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को शिक्षा और संबंधित विभागों से परामर्श कर जल्द ही प्रस्ताव मंत्रिमंडल में प्रस्तुत करने को कहा है श्री बघेल ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर के स्कूलों की स्थापना से प्रदेश के विद्यार्थियों को गुणवत्तापरख शिक्षा मिलेगी वहीं शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति दर्ज हो सकेगी उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की शाला की स्थापना के लिए नवा रायपुर में दस एकड़ जमीन निःशुल्क आवंटित की जाएगी संरक्षण क्षमता महोत्सव परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर आज पेट्रोलियम संरक्षण हरित और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित संरक्षण क्षमता महोत्सव के समापन समारोह में ऑनलाइन शामिल हुए इसका आयोजन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा पेट्रोलियम अनुसंधान संघ के तत्वावधान में गेल गैस लिमिटेड द्वारा किया गया था इस महोत्सव का उद्देश्य आम नागरिकों में पेट्रोलियम संरक्षण और ईंधन दक्षता के संदेशों का प्रचार प्रसार करना है इस मौके पर श्री अकबर ने कहा कि पेट्रोल बचाने के लिए लोगों को बैटरी चलित वाहनों सीएनजी सहित अन्य उत्पादों का उपयोग करना चाहिए उन्होंने संतुलित पर्यावरण के लिए सभी से सहयोग की अपील की इस अवसर पर श्री अकबर ने अधिकारियों और कर्मचारियों को पर्यावरण संरक्षण तथा पेट्रोल बचत करने के लिए शपथ दिलाई महिला कांग्रेस भाजपा बैठक छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस कार्यकारिणी की आज रायपुर में बैठक हुई बैठक में प्रदेश महिला कांग्रेस प्रभारी सुनीता सहरावत और प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष फूलोदेवी नेताम शामिल हुई इस दौरान महिला कांग्रेस द्वारा किसान आंदोलन को समर्थन देने के अलावा पेट्रोलियम पदार्थो की कीमतों में बेतहाशा वृद्वि का विरोध किया गया वहीं राज्य की कांग्रेस सरकार की उपलब्धि और योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के साथ ही संगठन का विस्तार करने का निर्णय लिया गया

बैठक में आगामी बीस फरवरी को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था और महिलाओं पर कथित अत्याचार के खिलाफ आंदोलन करने का निर्णय लिया गया बसंत पंचमी प्रदेश में कल ज्ञान कला और संगीत की देवी मां सरस्वती की आराधना का पर्व बसंत पंचमी मनाया जाएगा इस दिन शैक्षणिक संस्थानों के अलावा घरों में भी मां सरस्वती का पीले फूलों से श्रंगार कर उनकी विशेष पुजा अर्चना की जाती है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को बसंत पंचमी की बधाई दी है मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि यह ऋतु परिवर्तन का भी दिन है उन्होंने कामना की है कि ऋतु परिवर्तन के साथ यह पर्व सभी के जीवन में नई उमंग ऊर्जा और उत्साह का संचार लेकर आए खेल समाचार बीसवीं छत्तीसगढ़ सीनियर राज्य स्तरीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता में दूर्ग जिले की टीम ने महिला और पुरूष दोनों वर्गों में जीत हासिल कर खिताब पर कब्जा जमा लिया है उतई के पुलिस ग्राउंड में खेले गए फाइनल मुकाबले में दुर्ग की पुरूष टीम ने भिलाई को और महिला टीम ने महासमुंद को हराया क्रिकेट प्रतिबंधित क्षेत्र रायपुर कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने नवा रायपुर के मेफेयर होटल और लेक रिसॉर्ट को बाहरी व्यक्तियों के लिए आगामी बाईस फरवरी से बाईस मार्च तक बायो बबल जोन यानी प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है यह निर्णय सड़क सुरक्षा के महत्व के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए शहीद वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आगामी दो मार्च से आयोजित होने वाले रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजन के मद्देनजर लिया गया है इस स्पर्धा में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर वीरेन्द्र सहवाग जॉन्टी रोड्स और ब्रायन लारा जैसे खिलाड़ी शामिल होंगे

इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई वहीं इस आगजनी की घटना में इक्कीस मवेशियों की भी मौत हो गई है

आरोपी के पास से सात लाख अस्सी हजार रूपये बरामद किया गया है